इनमें स्रक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना स्निश्चित किया गया है दिशा निर्देशों का द्रसरा भाग शैक्षिक पहल्ओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है दिशा निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में स्चारू परिवर्तन पर बल दिया गया है सीखने के परिणामों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इन दिशा निर्देशों में पूरे वर्ष के लिए गतिविधियों के व्यापक वैकल्पिक कैलेंडर बनाने की आवश्यकता बतायी गई है इनमें विदयार्थियों के स्क्ली शिक्षा में फिर से रचने बसने को वरीयता दी गई है शिक्षकों से कहा गया है कि वे आईटी टेक्नोलॉजी के अपने कौशल को बढाये ताकि कक्षा में उसका सम्चित इस्तेमाल किया जा सके स्रक्षित द्री और अन्य स्रक्षा मानदंड का अन्पालन स्निश्चित करने के लिए कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण संसाधनों के इस्तेमाल की आवश्यकता बताई गई है इनमें वर्कब्क और वर्कशीट तथा प्रौदयोगिकी आधारित संसाधन शामिल हैं स्कूलों को स्वयं की मानक संचालन प्रक्रियाएं तय करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार अपए सियांग के यिंकियोंग के रहने वाले पचपन वर्षीय कोविड मरीज कई और बीमारियों से ग्रस्त थे इस बीच सोमवार को कोविड संक्रमण के दौ सौ पैतीस और नए मामले दर्ज किये गए जबकि एक सौ अद्वानबे मरीजों के स्वस्थ हो जाने के बाद उन्हें अस्पतालों से छ्ट्टी दे दी गई स्वास्थ्य निदेशालय के अनुसार सोमवार को आए कोविड संक्रमण के मामलों में सबसे ज्यादा उनहत्तर मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से जबकि बयालीस मामले वेस्ट सियांग से दर्ज किए गए हैं लोहित जिले से तीस चांगलांग से बीस और मामले दर्ज किए गए प्रदेश में कोविड जांच के लिए दो लाख साठ हजार से ज्यादा सैंपल लिए जा च्के है राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या लगभग तीन हजार हो गई है

राज्य सचिवालय ईटानगर में कृषि बागवानी पश्पालन और पश् चिकित्सा और मत्स्य पालन विभाग के मंत्री तागे ताकी और आलाधिकारियों के साथ बैठक में म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की योजनाओं के लिए जरुरी धनराशि उपलबध कराई जायेगी

उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य या क्षेत्र का विकास सड़क संपर्क पर निर्भर करता है और इसे ध्यान में रखतें हए पिछले छह वर्षो में राज्य में कई सड़क परियोजनाएं प्री कर ली गई है और बहत सी परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है श्री गाव ने कहा कि चीन के विरोध के चलते अरुणाचल प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से विकास के लिए सहायता नहीं मिल पाती है जिससे राज्य की प्रगति प्रभावित हई है उन्होंने केंद्र सरकार से इसका समाधान करते हुए राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किए जाने का अन्रोध किया है